इनमें पारादीप हल्दिया दर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले दो एलपीजी संयत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से प्रर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि नौ सौ करोड़ रूपए की इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे उनुहोंने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे ख्लेंगे श्री मोदी ने कहा कि बांका और प्रर्वी चंपारण के रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों में हर साल सवा करोड़ गैस सिलेंण्डर भरे जा सकेंगे

उन्होंने कहा कि इन पांचो युवाओ के भारतीय सीमा से भटक कर चीन में जाने की रिपोर्ट पर सेना ने त्वरित कार्रवाई की और चीन की सेना के साथ संपर्क स्थापित कर उनकी जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित किया

कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हए सदनों की बैठके दो पारियों में सुबह नौ बजे से दोपहर बाद एक बजे तक और शाम तीन बजे से सात बजे तक आयोजित की जाएंगी पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की पारी में बैठक करेगी और लोकसभा की बैठकें शाम को होंगी सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पहली बार रोकथाम के कड़े उपाय किए गए हैं इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवसुथा भी शामिल है सांसद सहित संसद भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का सत्र के श्रू होने से पहले कोविड जांच की गई है

सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रो की संख्या दो हजार पांच सौ छियालीस से बढ़ाकर तीन हजार आठ सौ तैतालीस कर दिया गया था परीक्षा केंद्रों में एक कमरे में केवल बारह छात्र की बैठने की व्यवस्था थी जबकि पहले यह संख्या चौबीस थी इधर तिरप जिला उपायुक्त भानु प्रभा ने स्कूली शिक्षा उपनिदेशक के साथ मिलकर जिले के नीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए असम के डिब्रगढ़ परीक्षा केंद्र तक के लिए जिला मुख्यालय खोनसा से देओमाली होते हुए एक बस की व्यवस्था की य्वाओ के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बस में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एस ओ पी का पालन किया गया उम्मीदवारों के अभिभावकोने नीट प्रवेश परीक्षा के लिए निशल्क बस की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है

अरुणाचल सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवन ने एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया पूर्वोत्तर के इस पहले सुपर स्पेशियलिटी हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना उन्नीस सौ पच्चासी में डॉ नोमल चन्द्र बोरा ने किया था और वर्तमान में जी एन आर सी के चार अस्पताल हैं जिनमें छह सौ बेड है दिसप्र और नार्थ ग्वाहाटी में स्थित जी एन आर सी के हेल्थ केयर सेंटर में मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के लाभार्थियो को न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी कार्डिएक सर्जरी आर्थोपेडिक्स ज्वाइंट रिप्लेशमेंट सर्जरी और अन्य चिकित्सा स्विधाए उपलब्ध होंगी